मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की एक पीड़िता के साथ पश्चिम चंपारण के बेतिया में सामूहिक द्रष्कर्म मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन और उसके चालक की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है इधर इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पांच लोगों के शामिल होने की बात सामने आयी है प्रलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑडियो की जांच चल रही है इधर अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और पूर्व विधान पार्षद राम किशोर सिंह और उनके एक सहयोगी पर रिश्वत मांगने के आरोप में निगरानी जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करवायी है आरोप है कि छप्पनवीं से उनसठवीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के लिए राम किशोर सिंह एक अभ्यर्थी से पच्चीस लाख रूपये की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी द्वारा इस बातचीत का ऑडियो रिकार्ड कर लिया गया इस ऑडियो रिकार्डिंग में राम किशोर सिंह के साथ उनके सहयोगी परमेश्वर राय की भूमिका भी सामने आयी है निगरानी के डीआईजी शंकर झा ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा की गयी शिकायत के सही पाये जाने पर यह कार्रवाई की गयी है ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के सेवानिवृत्त कनीय अभियंता सुखदेव महतो की पटना के जक्कनपूर स्थित करोड़ों रूपये मुल्य की तीन मंजिला मकान को जब्त कर लिया गया है भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह कार्रवाई की गयी है कटिहार में पदस्थापना के समय निगरानी जांच ब्यूरो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था इस मामले में भागलपुर स्थित निगरानी की अदालत ने तत्कालीन जूनियर इंजीनियर की पटना और बिहारशरीफ स्थित दो संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था निगरानी के सूत्रों ने बताया कि आरोपित अभियंता के बिहारशरीफ स्थित मकान को जब्त करने की तैयारी की जा रही है झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व सांसद आर के राणा समेत पांच अन्य दोषियों को नोटिस जारी कर यह प्रछा है कि क्यों नहीं उनकी सजा बढ़ायी जाए गौरतलब है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य पांच दोषियों को मिली साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने का आग्रह किया है नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ भोजपुर स्थित एक अदालत ने इश्तेहार जारी कर दिया है माना जा रहा है कि इश्तेहार चिपकाने के बाद यदि विधायक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस कुर्की जब्ती के आदेश के लिए एक बार फिर कोर्ट जायेगी इधर अदालत के आदेश के बाद पीड़िता को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंप दिया गया है सरकारी विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर और अन्य तकनीकी कर्मियों की निय्क्ति में फर्जीवाड़े का खूलासा हुआ है बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक राहुल सिंह ने बताया कि तैयार डाटा बेस में सात सौ ऐसे डाटा इंट्री ऑपरेटर का पता चला है जिनके बारे कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है उन्होंने बताया कि इनकी बहाली कब कैसे और किसने की इसकी जांच चल रही है

पटना विश्वविद्यालय के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच देर रात हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गये एक छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में स्थानीय लोगों द्वारा अदालत में गवाही देने से आक्रोशित छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया दोनों ओर से बमबारी फायरिंग और पत्थरबाजी हुई तनाव को देखते हुए प्रलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं जल शक्ति अभियान में गया जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है पन्द्रह सितम्बर को हई अंतिम रैंकिंग में गया को इकासी अंक प्राप्त हुए हैं पिछले सप्ताह हुई रैंकिंग में गया पांचवे से तीसरे स्थान पर आ गया था केन्द्र सरकार ने इस अभियान में शामिल देश भर के दो सौ छप्पन जिलों में कराये गये कामों के आधार पर आकलन करवाया है जिन बिंदुओं पर योजना का आकलन किया गया है उसमें वर्षा जल संचयन आहर पाइन जीर्णोद्धार बोरिंग ट्यूबवेल जल छाजन और वृक्षारोपण शामिल हैं गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण दानापुर और मनेर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर लाल निशान के ऊपर चला गया है वहीं दीघा घाट में यह खतरे के निशान के आस पास बना हुआ है पिछले तीन दिनों से मनेर में गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण निचले इलाकों में पानी फैल गया है वहीं हल्दी छपरा इस्लामगंज छिहत्तर महावीर टोला हुलासी टोला रामपुर और भवानी टोला से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है बाढ़ का पानी फैलने से सैंकड़ों एकड़ जमीन में लगी सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है इधर सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगातार बढोत्तरी की प्रवृत्ति बनी हुई है सोन नदी का जलस्तर मनेर में खतरे के निशान को पार कर गया है जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में लाल निशान के आस पास बना हुआ है बक्सर के चौसा में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है इस संयंत्र से दो हजार तेईस चौबीस से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तेरह सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र से बिहार को ग्यारह सौ बाईस मेगावाट बिजली मिलेगी बिहार ने अगस्त महीने में पनबिजली का रिकार्ड उत्पादन किया है इस माह पचास लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बधाई दी है श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा की ओर से प्रदेश में आज रक्तदान शिविर श्रमदान और जनसेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज विश्वकर्मा प्रजा है भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी और निर्माण तथा सृजन का देवता माना जाता है इस अवसर पर प्रदेश भर के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में पूजा का आयोजन किया गया है विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं राजस्थान के जोधपुर में खेली जा रही सातवीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सॉफ्टबाल क्रिकेट चैम्पियनशिप के पुरूष और महिला के दोनों वर्ग में बिहार की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की खबर है अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधान हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा जरूरी हुआ तो कश्मीर जाऊंगा अखबार की एक अन्य खबर है आधार में एक बार ही जन्म तिथि सुधार सकेंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है जक्कनपुर में घूसखोर इंजीनियर का तीन मंजिला घर जब्त खुल सकता है स्कूल प्रभात खबर लिखता है दो अक्टूबर को पटना में गांधी विचार समागम जुटेंगे देश विदेश के जाने माने गांधीवादी आज की सुर्खी है बिना बर्थ सार्टिफिकेट मिलेगा बच्चों को स्कूलों में दाखिला राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला पीएसए के तहत हुए गिरफ्तार